इन खेलों में अटारह राज्यों के छह सौ से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं इस अवसर पर मुक्केबाज एम सी मैरीकॉम ने बच्चों को खेल भावना की शपथ दिलाई श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बच्चों के सुरक्षित भविष्य और विकास के लिए कई अहम कदम उठाये हैं प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को समयबद्ध प्ररा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान के तहत योजनाओं का लाभ आम लोगों को सुलभ कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी श्री चौधरी गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने समीक्षा के दौरान छात्रवृत्तियों के वितरण में आ रही दिक्कतों को दूर करके छात्रों को तत्काल छात्रवृत्ति वितरण के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति समय से मिलने से उनका अध्ययन नियमित रूप से हो सकेगा उन्होंने शादी अनुदान योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार ने इसके लिए आवश्यक धनराशि जारी कर दी है समीक्षा कार्यक्रम में मुस्लिम वक्फ मंत्री श्री मोहसिन रजा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन वक्फ सम्पत्तियों पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है उन्हें शीर्ष प्राथमिकता के साथ कब्जा मुक्त कराया जाये उन्होंने कहा कि जो मामले अदालतों मे लम्बित हैं उनकी पैरवी प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाये अंतिम खेत तक पानी पहॅचाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसको सफल बनाना सिंचाई विभाग की नैतिक जिम्मेदारी है इस बात के निर्देश देते हये सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने लखनऊ के परिकल्प भवन में विभिन्न संगठनों के मुख्य अभियन्ताओं से नहरों की सिल्ट सफाई एवं सड़कों को गड्डा मुक्त किए जाने के संबंध में कराये जा रहे कार्यों की वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अध्यतन प्रगति की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों से व्यक्त किए सिंचाई मंत्री ने कहा की प्रदेश में भ्रमण के दौरान किसानों ने उन्हें बताया है कि ऐसे नहरें जिनमें लगभग बीस साल से पानी नहीं आ रहा था प्रदेश सरकार के प्रयासों से उन नहरों में पानी आया है श्री सिंह ने कहा कि सिल्ट सफाई का कार्य गत वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छा है लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर सिल्ट सफाई के कार्यों को पूर्ण मनोयोग से सम्पादित कराना होगा श्री सिंह ने अधिकारियों से अपेक्षा की वे स्थानीय जन प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क स्थापित करें और उनको आमंत्रित कर सिल्ट सफाई का कार्य श्रभारम्म करायें

इससे कई जिलों के पुलिस प्रमुख बदल गये हैं

देवरिया में तैनात पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेन्द्र बहादुर को मऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है प्रयागराज में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक सुन्नील कुमार सिंह को रायबरेली का पुलिस अधीक्षक जबकि बांदा के पुलिस एस आनन्द को इसी पद पर प्रतापगढ़ भेजा गया है

उन्चासवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव आज गोआ में एक भव्य समारोह के साथ सम्पन्न हा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेलईगांव में आज शाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इसका समापन होगा केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के जी अल्फोंस और गोवा की राज्यपाल मृद्रला सिन्हा समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहेंगे जाने माने पटकथा लेखक सलीम खान को सिनेमा में उनके योगदान के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा नौ दिन तक चले इस समारोह में सड़सठ देशों की दो सौ बाईस फिल्में दिखाई गईं इस वर्ष इस्राइल को विशेष देश और झारखंड को विशेष राज्य के रूप में शामिल किया गया ऐसा पहली बार हुआ है जब इफी में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया हो इस्राइल ने माने फिल्म निर्माता डैन वॉलमेन को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया